दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय

यह समिति तेज प्रताप यादव सहित अन्य विक्षुब्ध नेताओं के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के मामले पर विचार कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी पार्टी ने वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि जिन्होंने ने भी पार्टी विरोधी कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी इधर तेज प्रताप यादव ने बैठक में भाग नहीं लिया श्री यादव ने आरोप लगाया कि ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया जिससे पार्टी की करारी हार हुई इधर राजद के वरिष्ठ नेता रघ्रवंश प्रसाद सिंह ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के बीच मतभेद को जिम्मेदार ठहराया है श्री सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद के दोनों बेटों के बीच विवाद के कारण पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है उन्होंने इन दोनों के खिलाफ कारवाई किये जाने की मांग की है इधर राजद के शीर्ष नेताओं की बैठक आज पटना में आयोजित की गयी जिसमें लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की गयी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पार्टी नेताओं प्रियंका गांधी वाड्रा सचिन पायलट रणदीप सिंह सुरजेवाला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा के मद्देनजर यह बैठक हुई राहुल गांधी ने हाल में कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष अपना इस्तीफा पेश किया था और इस फैसले को बदलने से इंकार कर दिया था सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस कार्यसमिति की इस सप्ताह फिर बैठक हो सकती है लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से रामविलास पासवान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे

बैठक में यह भी तय किया गया कि चिराग पासवान लोकसभा में संसदीय दल के नेता और चौधरी महबूब अली कैसर उप नेता होंगे बिहार विधान परिषद् की रिक्त हुई दो सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन आज जदयू प्रत्याशी संजय झा और भाजपा की ओर से राधामोहन शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया विधान सभा सचिव कक्ष में नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य सरकार के कई मंत्री विधायक और एनडीए के कई नेता मौजूद थे महागठबंधन की ओर से अब तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है किसी तीसरे प्रत्याशी की ओर से नामांकन नहीं दाखिल करने की स्थिति में दोनों का निर्विरोध रूप से चुना जाना तय है गौरतलब है कि भाजपा के विधान पार्षद सूरज नंदन प्रसाद और राजद के सैयद खुर्शीद मोहसिन के निधन के कारण ये दोनों सीटें खाली हुई हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को डिग्री और प्रमाण पत्रों में क्यूआर कोड के प्रयोग करने का निर्देश जारी किया है आयोग के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि यह निर्णय उच्च शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया गया है सचिव ने कहा कि इससे डिग्री और प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी आसानी से किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पटना स्थित आई जी आई एम एस परिसर में पांच सौ बेड वाला शिक्षण अस्पताल दो हजार बीस के अंत तक बनकर तैयार हो जायेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्यारह जून को अस्पताल का शिलान्यास करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है कुल बयासी प्रतिशत परीक्षार्थी कंपार्टमेंटल परीक्षा में पास हुए हैं सबसे अधिक चौरासी प्रतिशत परीक्षार्थी विज्ञान की परीक्षा में पास हुए हैं वहीं बयासी दशमलव सात एक प्रतिशत परीक्षार्थी कला संकाय और सतहत्तर दशमलव दो पांच प्रतिशत परीक्षार्थी वाणिज्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने परीक्षा परिणाम जारी किया बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीएसईबी इंटरएडू डॉट इन पर रिजल्ट देखा जा सकता है राज्य में प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत पचहत्तर प्रोजेक्टों को अविलंब जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों को दिया है मुख्य सचिव ने बताया कि पच्चीस जिलों में पीएम पैकेज प्रस्तावित हैं उन्होंने कहा कि गांवों की सफाई को लेकर भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है श्री कुमार ने कहा कि जमीन उपलब्ध होते ही सभी प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो जायेगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी तबादले किये गये हैं रंजीत कुमार सिंह को फिर से सीतामढ़ी और चन्द्रशेखर सिंह को समस्तीपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है सुशील कुमार भोजपूर के नये पूलिस अधीक्षक बनाये गये हैं जबकि कांतेश कुमार मिश्रा को पटना ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और मंजीत को गया का सिटी एसपी नियुक्त किया गया है गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आज भारतीय प्रलिस सेवा के आठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया वहीं लिपि सिंह को फिर से बाढ़ का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षकों और चौकीदारों को वेतन मिलने में हो रही कठिनाईयों शीघ्र दूर कर लिया जायेगा श्री मोदी ने बकाये वेतन का भूगतान सीधे उनके खाते में तीस जून तक करने का निर्देश दिया है प्रदेश में इस साल खरीफ मौसम में उनतीस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एक सौ तेईस लाख टन से अधिक अनाज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहीं तैंतीस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती से एक सौ पांच लाख टन चावल उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है उत्पादन बढाने तथा खरीफ मौसम में किसानों को जागरूक करने और विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान की जानकारी के लिए आज खरीफ महाभियान की शुरूआत हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाभियान और बीज वाहन रथों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इस मौसम में सोलह लाख टन मक्का के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है तेज पछुआ हवा के कारण लू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक लू से राहत नहीं मिलेगी गया और डेहरी राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव दो डिग्री सेलिसयस रिकॉर्ड किया गया इधर किशनगंज पूर्णियां सहित राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान किशनगंज के तैयबपुर में उनतीस मिलीमीटर और गलगलिया में सात मिलीमीटर बारिश हुई है मूंगेर जिला के तारापूर की पूर्व विधायिका नीता चौधरी अपने घर की रसोई घर में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग में गंभीर रूप से झुलस गयीं इस घटना में उनके पति और विधायक मेवालाल चौधरी भी घायल हो गये है दोनों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है दरभंगा से दो महीने के अंदर विमान सेवाएं शुरू कर दी जायेगी

एयरपोर्ट ऑथोरिटी वहां चल रहे कार्य की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है मुंगेर जिले में हथियार तस्करों के खिलाफ चलाये गये अभियान में चार मिनीगन फैक्ट्रियों का उदभेदन हुआ है पुलिस ने गंगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर गांव से कई आग्नेयास्त्र और हथियार बनाने की मशीने तथा कल पुर्जे बरामद किये हैं इस मामले में चार हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है समस्तीपुर पुलिस ने पिछले दिनों मुफस्सिल थाना क्षेत्र से अपहृत एक व्यवसायी की पुत्री को बख्तियारपुर के दियारा क्षेत्र से सकुशल मुक्त करा लिया है प्रलिस ने आठ अपहरणकर्ताओं को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है व्यवसायी नवीन सिंह की पुत्री का अपहरण दो करोड़ रूपये फिरौती के लिए कर लिया गया था कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलानापुर गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन से दो सौ छत्तीस लीटर विदेशी शराब जब्त की है

दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय